महानिदेशालय ने सभी एयरलाइन को भेजे परिपत्र में कहा है कि किसी भी हवाई अड्डे या बंदरगाह से ऐसे विदेशियों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी

इधर एयर इण्डिया और इंडिगो ने दोनों देशों के बीच की सभी उड़ाने भी स्थगित कर दी है

देश में कोरानावायरस के तीन मामले केरल में सामने आए है

केन्द्र सरकार ने देश में नोवेल कोरोना वायरस की मौजुदा स्थिति की समीक्षा की केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संक्रमण के फैलाव से निपटने की तैयारियों पर विचार विमर्श किया सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर चीन और हांगकांग के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाली उड़ानों की जांच की जा रही है

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांश पंत को वन पर्यावरण विभाग में प्रमुख शासन सचिव के पद पर लगाया गया है वहीं श्रेया गुहा का पर्यटन और कला संस्कृति संदीप वर्मा का राजस्व उप निवेशन और अजिताभ शर्मा का ऊर्जा विभाग में प्रमुख शासन सचिव के पद पर स्थानान्तरण किया गया है नवीन जैन को रोडवेज के प्रबन्ध निदेशक पद की जिम्मेदारी दी गई है वहीं डॉ समित शर्मा को मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और नीरज के पवन को श्रम और रोजगार के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में शासन सचिव लगाया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के साथ साथ साहित्य संस्कृति और संस्कारों से रूबरू होगी तब ही उनका बौद्विक विकास सकेगा जयपुर में साहित्यकार सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकार साहित्कार और लेखकों को सम्मान और सुविधाएं देने में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जिलों को पीने के लिये नर्मदा का पानी उप्लब्ध करवाना राज्य सरकार का विषय है और नर्मदा जल सन्धि में राजस्थान के किसी विशेष जिले के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है

ये राज्य अधिकार में है कि यो इसका किस तरह से वितरण करती है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अलवर के तिजारा में पर्यावरण पर मीडिया कॉनक्लेव का उद्घाटन किया पर्यावरणविद सुनीता नारायणन ने बताया कि इस कार्यशाला के जरिए मीडिया के लोगों को पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी और हरित प्रदेश की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी जाएगी

श्री मोदी ने एक टवीट में देशवासियों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध मरू महोत्सव का आज समापन हो रहा है मुख्य कार्यक्रम सम के धोरो पर आयोजित किया जाएगा जहां लोक कलाकारों की ओर से रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी महोत्सव के अंतिम दिन आज पतंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है वहीं होर्स और डॉग शो भी रखे गए है

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे ने मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के बारे में एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि इससे दक्षता सुनिश्चित होगी और मुकदमेबाजी के पक्षों तथा अदालतों का समय बचेगा